भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अत्याधुनिक भू पर्यवेक्षी उपग्रह कार्टोसैट थ्री का आज सफल प्रक्षेपण किया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

एक बार फिर से पीएसएलवी ने यह साबित कर लिया है कि वह दो टन पे लोड ले जाने में पूरी तरह सक्षम है

साथ ही अर्बन प्लैनेस कोस्टल मैनेजिस रूरल लैंडस्केप और इफ़ास्ट्रक्चर डेवलेपर्स को भी मददगार साबित होगा

आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीहरिकोटा से जयसिंह

उन्होंने कहा कि कार्टोसैट थ्री इसरो द्वारा अब तक विकसित सबसे उन्नत और जटिल भू पर्यवेक्षी उपग्रह है

श्री मोदी ने कहा कि इसरो ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर मथुरा जनपद के वृंदावन भ्रमण पर पहुंचेंगे जहां वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से राष्ट्रपति कल भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम चौरिटेबल हॉस्पिटल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे जहां वह लोगों को संबोधित भी करेंगे इसके बाद राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर जाएंगे और बिहारी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे इसके अलावा राष्टपति निकुंज वन आश्रम भी जाएंगे लाखों स्कूली छात्रों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने वाले अक्षयपात्र फाउंडेशन का भी राष्ट्रपति भ्रमण करेंगे जहां वे बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराएंगे साथ ही राधा वृन्दावन चंद्र मंदिर भी जाएंगे कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति दोपहर बाद आगरा हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे जहां से वह वापस नई दिल्ली चले जाएंगे राष्ट्रपति के भ्रमण के मद्देनजर यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं आकाशवाणी समाचार के लिए मथुरा से मैं मुल्तान सिंह यादव राष्ट्रपति शुक्रवार को पुनः प्रदेश में कानपुर के एक दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे जहां वह कई शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेगें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण एंव सुंदरीकरण परियोजना का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग और निर्माण निगम के अधिकारियों से चल रहे कार्यो की जानकारी ली वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात संघ के सह कार्यवाहक भइया जी जोशी सहित आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात की इसमें अयोध्या में प्रस्तावित श्रीराम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से हो रहे कार्यो की प्रगति पर चर्चा की गई मुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर को लेकर राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों से संघ के पदाधिकारियों को अवगत कराया

बाइट इसका बेसिक मकसद यह है कि जनरली जो पुलिस का कार्य होता है उसमें जो इन्वेस्टीगेशन का कार्य है या प्रोवेन्शन का कार्य है और फिर बाद में जो हम लोग प्रशिद्यूशन में जाते हैं कन्वेशन हासिल करने का प्रयास करते है उसमें न केवल ट्रिडिशनल पुलिसिंग होती है लेकिन इसमें काफी सारा टेक्नोलॉजी भी यूज होता है काफी सारे स्टाक होल्डर भी होते है जैसे फोरेंसिंक साइंटिस होते है और ज्यूडिशली होती है जिसे कि पुलिसिंग इफेक्टिव बनता है तो इन सब चीजों पर मंथन करने के लिये और पूलिस आफीसर को इनकरेज करने के लिये कि उन्हें अपना कार्य करने के लिये अनुसंधान करना चाहिये रिसर्च और अध्ययन के पश्चात जो पेपर्स वो क्रियेट करते है पेपर बनाते है तो उन रिसर्च पेपर के आधार पर इस तरह के कांफ्रेंस में कांग्रेसस में उसको प्रजेन्ट करते हैं और जो डेलीकेट्स आते है देशभर से और जो पेपर प्रजेन्टस होंगे उसपे विचार विमर्श होगा पावरलूम बुनकरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जायेगी वहीं सरकारी संस्थाएं पच्चीस प्रतिशत की खरीद बुनकरों से करेंगी प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल लखनऊ में प्रदेश भर से आये पावरलूम बुनकरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि बुनकरों को समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी उन्होंने बुनकरों से कलस्टर बना कर काम करने के लिये कहा सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों को कच्चे माल से लेकर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी इससे छोटे छोटे कारीगरों को काफी सहूलियत होगी उन्होंने बताया कि सस्ते लोन के लिये सिडबी एवं बैंक ऑफ बड़ौदा से समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिये रिक्त हुई सीट के लिये भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा की इस रिक्त सीट पर बारह दिसम्बर को चुनाव कराया जायेगा सपा सासद आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा के रामपूर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की यह सीट खाली हो गई थी तंजीम फातिमा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थी मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपनी सेवाओं को और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिये अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है तथा एक मोबाइल एप भी बनाया है प्राधिकरण की अध्यक्ष अनीता सिंह मेश्राम ने आज इस मोबइल एप का लांच करते हुए बताया कि अब आमजनों को भवन के नक्शे की संस्तुति किस्तों का ऑन लाइन भुगतान मेटिनेंस ई नीलामी सहित अन्य कार्यो के लिये ऑन लाइन सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से अवैध निर्माण करने वालों पर अब कार्रवाई करना आसान होगा प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील क्षेत्र में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले में छह किसानों को नोटिस जारी किया गया है शासन के निर्देशों के बावजूद किसानों द्वारा पराली जलाकर वातावरण को प्रदूषित करने के कारण यह कदम उठाया गया है मिर्जापुर में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के तत्वावधान में आयोजित मंडल स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि युवा कल्याण विभाग के उपनिदेशक मिर्जापुर प्रयागराज मंडल के संदोप कुमार ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा अपनी मंजिल को पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए फिर चाहे वह कोई भी कार्य हो प्रतियोगिता में भरत नाट्यम में सोनभद्र की श्रेयानंदन प्रथम रही वहीं तबला वादन म सोनभद्र के ही शिवम पाठक प्रथम रहे लोकगीत में सोनभद्र द्वितीय व मिर्जापुर की टीम तृतीय पर रही